राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के पांच अधिकारियों का किया तबादला विनय कुमार चौबे नगर विकास सचिव बनाए गए

हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक संजय कमार महांति को झारखंड में यात्री सुविधाएं और ट्रेनों की संख्या बढ़ाने को कहा है उन्होंने कहा कि देश में झारखंड ऐसा राज्य है जहां मौजूदा संसाधनों से रेलवे को सबसे अधिक आय होती है लेकिन यात्री सुविधाओं पर रेलवे का कोई विशेष ध्यान नहीं रहता है मुख्यमंत्री ने कल झारखंड मंत्रालय में दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम के साथ बैठक की मुख्यमंत्री ने कहा कि दुमका रांची ट्रेन और वनांचल एक्सप्रेस में एसी फर्स्ट और एसी ट् के कम्पोजिट कोच लगाए जाएं उन्होंने कहा कि झारखंड के सभी ट्रेनों में इस प्रकार की सुविधा दी जाए जिससे हर प्रत्येक श्रेणी में यात्रियों को सुविधा मिल सके इस दौरान मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी भू राजस्व के सचिव केके सोन सहित कई अधिकारी मौजूद थे कोरोना वायरस केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने कल नोवेल कोरोना वायरस से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा उठाये गये कदमों और तैयारियों की संबंधित मंत्रालयों के साथ समीक्षा की उन्होंने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और इसकी प्रधानमंत्री कार्यालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नियमित तौर पर निगरानी की जा रही है स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि राज्यों से कहा गया है कि वे इस बारे में जागरूकता अभियान को और मजबूत बनायें इस बीच कोरोना वायरस से संक्रमित केरल के तीन मेडिकल विद्यार्थियों में से एक को इलाज के बाद अस्पताल से छट्टी दे दी गई स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने बताया कि अन्य दो की हालत स्थिर हैं और वे स्वस्थ हो रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत विभिन्नता में एकता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत नामक इस अभियान के तहत देश के विभिन्न राज्य एक दूसरे की संस्कृति परम्पराओं और विरासत को साझा करते हैं इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के संबद्ध राज्य मेघालय के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए उत्तरप्रदेष के कई जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है अर्जन मंडा केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल नई दिल्ली में जनजातीय उत्पादों तथा विपणन को बढावा देने के लिए सभी हितधारकों की कार्यशाला की अध्यक्षता की उन्होंने उद्योगों विज्ञापन सलाहकारों और डिजाइनरों से घरेलू तथा वैश्विक बाजार में विस्तार के लिए सहयोग और राय मांगी जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय उत्पादों को घरेलू तथा वैश्विक बाजार में बढाने की आवश्यकता पर जोर दिया ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने उन गर्भवती महिलाओं के लिए जिन्हें ईएसआईसी औषधालयों से प्रसव संबंधी सेवाएं नहीं मिलती हैं उनका प्रसूति खर्च पाँच हजार रूपये से बढ़ाकर सात हजार पांच सौ रुपए कर दिया है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के शैक्षणिक वर्ष से ईएसआईसी मेडिकल संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण और प्रवेश लागू करने की भी मंजूरी दे दी है स्पेषल स्टोरी धनबाद धनबाद जिले में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देष्य से कई इलाकों में अटल मुहल्ला क्लीनिक की शुरुआत की गई है

आयुक्त कल राजस्व संग्रहण की समीक्षा कर रहे थे बैठक में हजारीबाग रामगढ़ बोकारो धनबाद गिरिडीह चतरा व कोडरमा जिला के उत्पाद वाणिज्य कर निबंधन व खनन विभागों के राजस्व संग्रहण की जानकारी ली आयुक्त ने राजस्व संग्रहण में लक्ष्य के विरूद्व कम उपलब्धि पर गहरी नाराजगी व्यक्त की

कार्मिक विभाग ने कल शाम इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी अजय कुमार सिंह को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग प्रधान सचिव बनाया गया है साथ ही इन्हें मंत्रिमंडल सचिवालय और निंगरानी विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है वहीं सुनील कुमार वर्णवाल को राजस्व पर्षद का अपर सदस्य विनय क्मार चौबे को नगर विकास और आवास विभाग का सचिव बनाया गया है साथ ही इन्हें जुडको के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है इनके अलावा प्रशांत कुमार को ग्रामीण विकास सचिव के साथ झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद का परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है वहीं राम लखन गुप्ता को योजना सह वित्त विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है

बिना आपत्ति के तीस दिनों से अधिक लंबित मामलों को लेकर कार्रवाई की गई है प्राप्त जानकारी के अनुसार दाखिल खारिज से सम्बंधित सर्वाधिक सोलह सौ इकसठ मामले सदर अंचल में लंबित हैं शराब बरामद बोकारो पुलिस ने भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब बरामद की हैं साथ ही मिलावटी शराब बनाने के उपकरण और आवश्यक रसायन भी बरामद किए गए है बरामद शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है नकली शराब का धंधा बालीडीह थाना क्षेत्र में हो रहा था बताया गया है कि नकली अंग्रेजी शराब की बोतल पर हिमाचल की शराब फैक्ट्री के लेबल का इस्तेमाल हो रहा था कारखाने के गोदाम से बारह सौ पेटी नकली अंग्रेजी शराब पकड़ी गई साथ ही मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है नक्सली गिरफ्तार पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने भाकपा माओवादी के एक हार्डकोर सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है छोटा नागरा थाना क्षेत्र के ब्रढ़ी गुड़ा गांव निवासी अशोक बहंदा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है इस संबंध में पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा ने बताया कि टिमरा पुलिस पिकेट को उड़ाने की साजिश रचने और चालीस किलोग्राम के केन बम लगाकर सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने की साजिश में भी शामिल होने की बात आरोपी नक्सली ने स्वीकार की है खेलकूद राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आज से तीसरी अंतरराष्ट्रीय और सातवीं राष्ट्रीय रेस वाकिंग चैंपियनषिप की शुरुआत हुई इस चैंपियनषिप में देष विदेष के लगभग डेढ़ सौ खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं दो दिवसीय इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्षन करने वाले खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई करने का मौका मिलेगा

पलामू जिला व्यवहार न्यायालय ने हत्या के दो आरोपित को कल उम्र कैद की सजा सुनाई है आरोपिंत पलामू जिले के चैनपुर थाना अंतर्गत महगावां निवासी विनय मिस्त्री और सुरज मिस्त्री है चतरा के टंडवा स्थित मगध और आम्रपाली कोयला प्रोजेक्ट से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में कल एनआइए के विशेष न्यायाधीष नवनीत कुमार की अदालत ने सुदेश केडिया की जमानत याचिका खारिज कर दी सुदेश फिलहाल होटवार जेल में बंद है

कोडरमा में मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी सिग्नल कर्मी को बर्खास्त कर दिया गया है